एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही रोकी गई

इसी तरह करनाल में दाबरकी से ढकवाला तक सडक़ को चौड़ी करने के लिए चार करोड़ रुपये तथा चरखी दादरी में झ्म्पा कलां बेहल कैरू से बेहल लोहानी तक सडक़ को सुदृढ़ करने के लिए तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर हये है हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्षम और लघ् उद्यमों को सस्ती बिजली देने के लिये पावर टैरिफ सबसिडी योजना अधिसूचित की है जिसके तहत सी आर डी श्रेणी खंडों में सूक्षम और लघ् उद्यमों को बिजली कनैक्शन जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए दो रूपये प्रतियूनिट की पावर टैरिफ सबसिडी प्रदान की जायेगी

योजना की पात्रता शर्तो का जिक्र करते हए प्रवक्ता ने बताया कि उस उदयम को राज्य सरकार दवारा समय समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची मे न रखा गया है तथा सबसिडी जारी करते समय उदयम नियमित उत्पादन कर रहा है सबसिडी बंद इकाईयों को जारी नहीं की जायेगी प्रवक्ता ने बताया कि स्वीकृत राशि राज्य सरकार के खज़ाने से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जायेगी और सबसिडी राशि जारी होने के बाद पहले आवेदक को हल्फनामा और पूर्व रसीद जमा करनी होगी सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण क्मार बेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि दिव्यांग अधिनियम के तहत नियम एवं शर्ते तैयारकर पन्द्रह अगस्त से पहले विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें भविष्य में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्धारित दिन के लिये सीएमओ सम्चित व्यवस्था करेंगे श्री बेदीने आज चंडीगढ़ में प्रदेशभर से आये दिव्यांगजनों की समस्यायें लेकर आये लोगों के साथ बैठक कर रहे थे श्री बेदी ने कहा कि अन्य विभागों से संबद्व शिकायतों के समाधन के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि कालका शिमला राजमार्ग पर शिमला के निकट स्थित तारादेवी क्षेत्र को विकसित कर वहां हिन्दूस्तान स्काउटस एवं गाइडस का प्रशिक्षण देने हेत् ज़मीन म्हैया करवाई जाएगी आज हिन्दूस्तान स्काउटस एवं गाइडस की राज्य परिषद और राज्य कारर्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता कर शिक्षा मंत्री ने विभिन्न एजेंडों को पारित किये इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्धार किए गये हैं लोगों को सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास बढ़ा है

पंचकुला में भी बच्चों की संख्या को देखते हुए सार्थक स्कूल की एक ओर शाखा खोली जायेगी कृषि एवं कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि स्रजम्खी की खेती करने वाले किसानों से राज्य सरकार केन्द्र से प्राप्त चालीस प्रतिशत खरीद अन्मति से भी अधिक की खरीद करेगी और खरीद अवधि में कोई ब्रेक नहीं होगा श्री धनखड़ आज सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी की अनुगवाई में सुरजमुखी की खरीद को लकर आये कुरूक्षेत्र के किसानों से बात कर रहे थे बैठक में विभाग के प्रधान सचिव डा अभिलक्ष लिखि को निर्देश दिये गये कि वे केन्द्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर सूरजम्खी की खरीद अवधि बढ़ाने के साथ चालीस प्रतिशत के तय कोटे को भी बढ़ाने को अन्रोध करें स्किल डिवलैपमेंट काउसिंल आफ इंडिया हरियाणा मे दस हजार य्वाओं रोज़गार उपलब्ध करायेगी इसी के तहत पंचक्ला व चंडीगढ के स्नातक तथा डिप्लोमा होल्डर य्वाओं को मारूति द्वारा छ माह के प्रशिक्षण दिया जायेगा और साढ़े आठ रूपये महीने की दर से वजीफा भी दिया जायेगा

आज विश्व रक्त दान दिवस विश्वभर में मनाया गया है

आज का दिन अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने का दिन है जाकि रक्तदातियों की संख्या में कमी न आये और रक्त की जरूरत वाले मरीज़ो को समय रहते स्रक्षित रक्त मिल सके करनाल रेडक्रास सोसायटी दवारा आयोजित रक्तदान शिविर मे जिलेभर से आये रक्त दाताओं ने सिविल अस्पताल के बल्ड बैंक की देखरेख में रक्त दान किया इस अवसर पर हरियाणा ग्रन्थ अकादीम के निदेशक प्रो वीरेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी ऐसी काई प्रयोगशाला या फैक्ट्री नही है जहां रक्त बन सके इसलिए हर व्यक्ति रक्तदान कर जरूरतमंद की जांन बचाने का काम कर सकता है विश्व रक्त दिवस पर आज भिवानी के चौधरी बंसी लाल राजकीय सामान्य अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित कर रक्तदातियों व संस्थाओं को सम्मानित किया गया इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने रक्तदान के प्रति जागरूकता रैली भी निकाली हरियाणा में वीरांगना नामक अपने तरह की इस अनूठी सुविधा के तहत अब युद्ध वीरागनाओं को सरकारी कार्यालयों में अपने काम के लिए लाइनों मे नहीं खड़ा होना पड़ेगाबल्कि सम्बधित अधिकारी को वे अपना वीरांगना पहचान पत्र दिखाकर अपना काम करवा सकेगी अम्बाला की उपाय्क्त शरणदीप कौर बराड़ ने आज इस स्विधा के तहत आठ यूद्व वीरांगनाओ को वीरांगना पहचान पत्र जारी करके इस स्विधा का श्भारंभ किया उपाय्क्त ने इस साथ उन्हें एक आभार पत्र भी दिया है जिसमें उनके प्रति दवारा दिये गये बलिदान के नमन किया गया है

सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त डॉ मनीश नागपाल ने जिले के गांव टप्पी में ठोस एवं कचरा प्रबंधन परियोजना का श्भारंभ किया और पौधारोपण भी किया

इस क्षेत्र का भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है उन्होंने ग्रामीणों से पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा गांव को पोलीथीन व प्लस्टिक मुक्त बनाने की अपील भी की पश्चिमी राज्स्थान से उठे धूल के ग्बार के कारण आज पंजाब चंडीगढ़ सहित हरियाणा में धूल भरी हवायें चल रही है और आसमान मे धूल का ग्बार छाया हुआ है धूल के कारण गर्मी भी अधिक है क्यूंकि धूल की यह चादर जमीन की सतह से गर्मी को वाय्मंडल में वापस नहीं जाने देती

उल्लेखनीय है कि ध्ल के ग्बार के चलते चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सभी फलाईटस दृश्यता कम होने के चलते रद्द कर दी गई है हमारी संवाददाता ने बताया है कि विमानों की आवाजाही प्री तरह ठप्प होने से हजारों यात्रियों को काफी परेशानी हई एयरपोर्ट अथारिटी ने करीब चार हजार लोगों को रिफंड दे दिया है वहीं मौसम विभाग ने निदशक स्रेन्द्र क्मार के अन्सार दबाव ग्रेडिएंट में बढ़े अंतर के चलते हवायें तेज़ हई

वहीं मानसून के इस माह तक पहंचे की उम्मीद है